मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल नए संसद भवन का शिलान्या़स करेंगे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 नया संसद भवन आधनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त और ऊर्जा कुशल होगा मौजूदा संसद भवन से सटी त्रिकोणीय आकार की इमारत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त होगी नए भवन की सज्जा भारतीय संस्कृति क्षेत्रीय कला शिल्प वास्तुकला की विविधता का समृद्ध मिलाजुला स्वरूप होगा नए संसद भवन के निमाण में हरित प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होगा और पर्यावरण अनुकूल कार्यशैली को बढ़ावा दिया जाएगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर जनपद के पिपराइच और बस्ती के मुंडेरवा में स्थापित चीनी मिल में सल्फरलेस प्लांट का लोकार्पण किया

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल खंड में भी एक सौ उन्नीस चीनी मिलों को चलाकर प्रदेश सरकार ने एक लाख बारह हजार करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का रिकार्ड भुगतान किया है उन्होंने कहा कि पिपराइच और मुंडेरवा चीनी मिले पहली मिलें है जहां सल्फरलेस चीनी का उत्पादन होगा जिसकी आपूर्ति देश दुनिया के बड़े बड़े होटलों और संस्थानों में जायेगी जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की नई पहचान बनेगी

मुंडेरवा प्लांट के शुभारम्भ के अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव और बस्ती से सांसद हरीश द्विवेदी सिद्धार्थनगर सांसद जगदम्बिका पाल गन्ना विकास मंत्री सुरेश राणा सहित कई विधायकगण और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे सांसद श्री द्विवेदी ने चीनी प्लांट स्थापित करने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यहां उत्पादित होने वाली चीनी से लोगों को बड़ा लाभ होगा बाइट मुंडेरवा में बनने वाली चीनी जो अलग अलग प्रदेशों में भी जायेगी अलग अलग शहरों में भी जायेगी उनको भी लाभ होगा कही कहीं सल्फर से विभिन्न प्रकार का व्यक्ति को नुकसान होता था तो उसको नुकसान नहीं होगा और लोगों को फायदा होगा तो यह ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिया है माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनन्दन करता हूं आभार व्यक्त करता हूं और बस्ती की जनता को बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश सहित देश के नौ राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू करने की प्रक्रिया सम्पन्न कर ली है इन राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक सुधारों की प्रक्रिया पूरी हो गई है

केन्द्रीय वित्तमंत्री निमला सीतारामन ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था महत्वपूर्ण सुधार है जो खासतौर से अन्य राज्यों में जाकर काम करने वाले कामगारों के लाभ के लिए आवश्यक है उन्होंने इस बात पर खुशी प्रकट की कि इसे लागू करने के लिए राज्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू होने से ये सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी विशेष रूप से दूसरे राज्यों में जाकर काम करने वाले मजदूर और उनके परिवार देशभर में कहीं भी उचित दर की दुकान से राशन ले सकें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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक वर्चअल कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न जनपदों में कुछ नलकूप ऑपरेटरों के साथ संवाद भी किया और नियुक्ति पत्र वितरित किये इन नलकूप ऑपरेटरों का चयन उत्तर प्रदेश राज्य सेवा चयन आयोग के माध्यम से किया गया है

इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है

उन्होंने कहा कि नलकूप ऑपरेटरों का यह दायित्व है कि वह किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराये

उन्होंने कहा कि सिंचाई सुविधाओं को और सुदृढ़ बनाया जा रहा है नलकूपों के सुगम संचालन के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति दुरूस्त की गई है किसानों का हित संरक्षित करना ही सरकार की कोशिश है उन्होंने कहा कि खुशहाल किसान समृद्ध प्रदेश की आधारशिला है इसी को ध्यान में रखते हुए किसानों की आय का दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के भंडारण के लिये पैंतीस हजार केन्द्र बनाये जायेंगे सरकार ने वैक्सीन भंडारण की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये हैं

लखनऊ में एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन केन्द्रों में सीसी टीवी लगाये जाये और वैक्सीन ढोने वाले वाहनों में जीपीएस लगाया जाये जिससे इसकी सुरक्षित आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके

उन्होंने कहा कि बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की उपलब्धता से ग्रामीण अर्थ व्यवस्था मजबूत होगी

मुख्यमंत्री कल लखनऊ में बीसी सखी से संबंधित एक प्रस्तुतिकरण देख रहे थे

इनके चयन में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्षा समूह सखी और स्वयं सहायता समूह की सदस्य पदाधिकारी को वरीयता दी गई है

अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण के उपरान्त इनकी ऑन लाइन परीक्षा कराई जायेगी और सर्टिफिकेशन के बाद पुलिस वैरिफिकेशन कराया जायेगा चयनित बीसी सखी को कम्प्यूटर लैपटॉप पाश मशीन जैसी सुविधाओं की खरीद के लिये पचास हजार रूपये की धनराशि ब्याज रहित ऋण के रूप में दी जायेगी

स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि टीके के उत्पादन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि कुछ टीकों को अगले कुछ सप्ताह में लाइसेंस मिल जाने की सभावना है केंद्र सरकार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहयोग से टीकों के उत्पादन से संबंधित तैयारी कर रही है श्री भूषण ने बताया कि कोविड का टीका लगाने के अभियान के लिए राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल इस साल अगस्त में गठित कर लिया गया था

कार पलटने के बाद सड़क किनारे एक सूखे कुएं में गिर गई